आयकर के दर में कोई बदलाव नहीं

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

बजट में स्वास्थ्य बूनियादी ढांचा क्षेत्र निर्माण क्षेत्र और समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया है बजट में विशेष तौर पर देश की आर्थिक विकास को गति देने के लिये आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के लिये अलग अलग क्षेत्रों में विशेष बजटीय प्रावधान किये गये हैं सबसे अधिक बढ़ोतरी स्वास्थ्य क्षेत्र में की गयी है पिछले बार की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट आवंटन एक सौ सैंतीस प्रतिशत बढ़ाकर लगभग दो लाख चौबीस हजार करोड़ रूपये किया गया है इसके अंतर्गत कोविड महामारी से निपटने के लिये टीकाकरण के लिये पैंतीस हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू की जायेगी जिसके लिये चौंसठ हजार एक सौ अस्सी करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है यह मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं का विकास किया जायेगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत देशी उत्पादन इकाईयों को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन योजना पीएलआई की शुरूआत की जायेगी इसमें रोजगार और देश की प्रगति को रफ्तार देने वाले तेरह क्षेत्रों की पहचान की गयी है इन क्षेत्रों के लिये अगले पांच साल में एक लाख संतानवे हजार करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों के विकास के लिये एक लाख अठारह हजार करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जायेगी देश भर में सड़कों का जाल बिछाने के लिये चल रही भारतमाला परियोजना के तहत तीन लाख तीस हजार करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे इससे अगले वर्ष मार्च तक साढ़े आठ हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जायेगा रेलवे से संबंधित परियोजनाओं के लिये एक लाख दस हजार करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है इससे दो हजार तीस तक भारतीय रेलवे प्रणाली को भविष्य की जरूरतों के अनुसार बनाने में मदद मिलेगी व्यस्त रेल मार्गों और अधिक प्रयोग में आने वाले रेल रूट पर स्वेदश में निर्मित स्वचालित सुरक्षा प्रणाली का उपयोग किया जायेगा इससे दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि फसलों पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मौजूदा सरकार के कार्यकाल में किसानों को बेहतर ढंग से मिला है वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों को पूर्व की तुलना में पचहत्तर हजार करोड़ रूपये अधिक एमएसपी का भूगतान किया है फसलों पर लागत से डेढ़ गुना से अधिक रकम किसानों को दी जा रही है बजट में फल और सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिये ऑपरेशन ग्रीन शुरू करने की घोषणा की गयी है इसमें आलू टमाटर प्याज सहित बाईस फसलों को शामिल किया गया है नाबार्ड की ऋण क्षमता को बढ़ाया गया है जिससे किसानों को ज्यादा ऋण मिलेगा वहीं देश में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर साढ़े सोलह लाख करोड़ रूपये किया गया है इससे पशुपालन डेयरी और मछली उद्योग को लाभ मिलेगा ग्रामीण संरचना ढांचा विकास कोष की राशि तीस हजार करोड़ रूपये से बढ़ाकर चालीस हजार करोड़ रूपये करने की घोषणा की गयी है केन्द्रीय बजट में पेट्रोल पर ढाई रूपये और डीजल पर चार रूपये कृषि उपकर का प्रस्ताव रखा गया है वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र विकास के लिये ये उपकर लगाये जायेंगे इसका बोझ ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा इधर आयकर की दरों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है और न ही कोई छूट दी गयी है बजट में पचहत्तर साल से अधिक उम्र वाले पेंशन भोगियों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गयी है वहीं भविष्य निधि पर प्रतिवर्ष ढाई लाख से अधिक जमा करने वाले लोगों को मिलने वाली व्याज पर कर का भुगतान करना होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण में महिला सशक्तीकरण की चर्चा करते हुए कहा कि महिलाएं अब सभी शिफ्टों में काम कर सकेंगी उन्होंने कहा कि कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिये विशेष उपाय किये जायेंगे बजट में मोबाईल हैंडसेट और मोबाईल चार्जर पर सीमा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है जिससे दोनों चीजों की कीमतों में वृद्धि होगी चमड़े के जूते के मूल्य में भी बढ़ोतरी होगी वहीं कपड़ा और स्टील तथा तांबे के बर्तन सस्ते होंगे सोना चांदी पर सीमा शुल्क कम होने से आभूषणों की कीमत में भी कमी आयेगी डेढ़ लाख रूपये तक के सस्ते गृह ऋण पर ब्याज पर बजट में इस बार भी छूट दी गयी है सस्ता घर बनाने के लिये ऋण लेने वाले लोगों को यह छूट अगले वर्ष मार्च तक मिलेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह हर क्षेत्र के विकास को गति देने वाला बजट है इसमें सुधारों पर विशेष जोर दिया गया है जिससे लोगों के जीवन को सुगम बनाने में मदद मिलेगी

साथ ही पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के विकल्प पर अनुसंधान और विकास को गति मिलेगी जिससे पर्यावरण प्रद्रषण पर भी प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने में मदद मिलेगी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक संतुलित बजट है उन्होंने बजट में राज्यों के लिये केन्द्रीय करो में हिस्सेदारी बढ़ाने का स्वागत किया है

श्री प्रसाद ने कहा कि बजटीय प्रावधानों से वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह देश की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला समावेशी बजट है विपक्षी दलों ने बजट को निराशाजनक बताया है राष्ट्रीय जनता के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि यह आम लोगों की कमर तोड़ने वाला बजट है उन्होंने कहा कि इसमें करदाताओं को कोई राहत नहीं दी गयी है श्री यादव ने कहा कि बजट में निजीकरण को बढ़ावा दिया गया है और कुछ लोगों का ही इसमें ख्याल रखा गया है कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बिहार के लोगों को बजट से निराशा हुई है इसमें राज्य के विकास के लिये विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गयी है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बजट को जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला उम्मीदों से भरा बजट बताया है श्री पांडेय ने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में न केव्ल कृषि बल्कि स्वास्थय और शिक्षा जैसे विषयों पर बजटीय प्रावधान बढ़ाया है जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को और गति मिलेगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डाक्टर संजय जायसवाल ने आम बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें सभी वर्गों की जरुरुतों का ख्याल रखा गया है श्री जायसवाल ने कहा कि कोरोना महामारी और राजस्व संग्रहण में परेशानियों के बावजूद वित् मंत्री ने एक सुतंलित बजट पेश किया है जिससे भविष्य के बढते भारत की राह आसान होगी बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बजट का स्वागत किया है चैंबर के अध्यक्ष पी के अग्रवाल ने कहा है कि बजट स्वास्थ्य आधारभूत ढ़ांचा विकास और आर्थिक सुधार पर केन्द्रित है उन्होंने कहा कि ये बजट कोविड महामारी के कारण देश में आयी आर्थिक मंदी से उबारने में मदद करेगा बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने आम बजट का स्वागत किया है संघ ने कहा है कि सूक्ष्म लघू और मध्यम उद्योग एमएसएमई के लिये बजटीय प्रावधान दोगुना करने से छोटे उद्योगों को इसका लाभ मिलेगा राज्य में आम लोगों ने बजट को सुधार को गति देने वाला बजट बताते हुए इसकी सराहना की है आकाशवाणी से बातचीत में लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में बजट को आर्थिक विकास को गति देने वाला बताया

मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ स्थानों पर दिन में धूप निकलने से मामूली राहत की संभावना है मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि अब भी कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से सात डिग्री सेल्सियस कम रिकार्ड किया जा रहा है

सुपौल जिले के जदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्य बाजार क्षेत्र में अपराधियों ने एक निजी कंपनी के कर्मी से आज दिन दहाड़े पैंतालीस लाख रूपये लूट लिये घटना के समय एजेंसी के कर्मचारी एटीएम में पैसा डाल रहे थे प्रलिस मामले की छानबीन कर रही है घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गये

आयकर के दर में कोई बदलाव नहीं